भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा एनडीए के घटक दलों के बीच जो भी समस्याएं हैं उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जायेगा

रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लगातार दूसरे मैच में बिहार की जीत

और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने कहा है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की दस दिसम्बर को दिल्ली में होने वाली बैठक में भाग लेंगे जदयू के खिलाफ लगातार तल्ख बयानबाजी कर रहे श्री कुशवाहा ने कहा कि कोन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उन्हें फोन कर बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है इधर रालोसपा अध्यक्ष ने औरंगाबाद में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर आज एक दिवसीय उपवास किया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एनडीए मे मतभेद की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है समस्तीपुर के सरायरंजन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटक दलों के बीच जो भी समस्याएं हैं उसे मिल बैठ कर सुलझा लिया जायेगा श्री राय ने कहा कि रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद के नेता अपने परिवार से आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं श्री राय ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी पटना में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ की बैठक में श्री पांडेय ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को योजना के लाभार्थियों को अस्पताल तक लाने पर यह राशि दी जायेगी पांच हजार रूपये तक के इलाज पर सौ रूपये और इससे अधिक की राशि पर दो सौ रूपये प्रति मरीज की दर से आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान किया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ा कर बत्तीस हजार जबकि मास्टर्स डिग्री में सीटों की संख्या छप्पन हजार कर दी है श्री चौबे ने आज सासाराम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक बारह लाख आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपूर जिले के बिहियां रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया वहीं केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद आर के सिंह ने झंडी दिखाकर राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की शुरूआत की अब ये ट्रेन आज से अप और डाउन में दो मिनट के लिए बिहियां स्टेशन पर रूकेगी इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हये श्री गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ ही यात्री सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दे रहा है उन्होंने कहा कि श्रमजीवी ट्रेन के ठहराव से स्थानीय लोगों को काफी स्विधा होगी समारोह को संबोधित करते हये श्री आर के सिंह ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान केन्द्र सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान दिया है छात्र जदयू प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय छात्र संघ चूनाव में अकेले चूनाव लड़ेगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के सम्मान समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये घोषणा की उन्होंने कहा कि पार्टी को छात्र संघ चूनाव में पहली बार जीत मिली है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है श्री टंडन आज पटना में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त धन का आवंटन हो रहा है समारोह में बाईस छात्राओं सहित अठाईस टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के लोगों को अवगत कराने के लिए आज पटना से जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस रथ के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में सरकार द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में लोगों को जानकारियां दी जायेंगी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार की हत्या में शामिल सभी चार शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पटना प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि भूमि विवाद में अधिवक्ता की उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या करवाई थी श्री कुमार ने बताया कि हत्या की साजिश छह महीने पूर्व ही रची गयी थी पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लगातार दूसरे मैच में बिहार की टीम ने जीत हासिल की है बिहार ने खेल के तीसरे ही दिन अरूणाचल प्रदेश को तीन सौ सत्रह रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया अरूणाचल प्रदेश को जीत के लिए चार सौ बावन रनों की जरूरत थी लेकिन प्री टीम एक सौ पैंतीस रनों पर ही सिमट गयी बिहार की ओर से गेंदबाज आश्रतोष अमन ने तेरह ओवर चार गेंदों में चौदह रन देकर सात विकेट झटके इस जीत के साथ बिहार के सात अंक हो गये हैं इससे पूर्व सिक्किम के साथ हये मुकाबले में भी बिहार की टीम ने जीत हासिल की थी बिहार का अगला मुकाबला मेघालय के खिलाफ शिलांग में बाईस दिसम्बर से होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गयी प्रदेश भर में पांच सौ इकहत्तर केन्द्रों पर दो पालियों परीक्षा का आयोजन किया गया कल और परसों भी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा गया के ऑफीसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आज आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के बाद एक सौ पैंसठ कडैटों को सेना में कमीशन प्रदान किया गया भूटान के सेना प्रमूख इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे

इन जवानों में तीन भूटान के हैं प्रदेश में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है सर्दी के साथ रात में कनकनाहट में भी बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने और हिमालय क्षेत्र से उत्तरी ठंडी हवा आने के कारण तापमान में लगातार गिरावट आ रही है विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आयेगी सुबह के समय धुंध छाया रहेगा आज सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना और पूर्णियां का न्यूनतम तापमान दस डिग्री जबकि मूजफ्फरपूर का बारह तथा भागलपूर का ग्यारह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया लोक अदालत में दीवानी और कई प्रकार के आपराधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया गया विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कई वर्षो से लंबित मामलों का निपटारा करते हये लाखों रूपये कर और दंड की वसूली भी की गयी मूंगेर के बहचर्चित एक सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार पांच तस्करों के बैंक खातों की पुलिस ने जांच की है पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि बैंक खातों के साथ साथ सभी की चल अचल सम्पत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है इधर जिले के मूफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापूर बरधे गांव में पूलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद महजाब को दो देसी पिस्तौल चार मैगजीन तीस कारतूस और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है पूलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर पहले भी आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार हो चुका है पूर्वी चम्पारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के दिपही गांव से पुलिस नेएक नेपाली नागरिक को हथियार और एक लाख चौदह हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है वहीं वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के आरएन कॉलेज के पास से पूलिस ने दो युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर किया है इधर नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना के सत्यागंज मुहल्ला से पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पश्चिम चम्पारण जिले के मनुआ पुल थाना क्षेत्र में अतिक्रमित जमीन मुक्त कराने पहुंची पूलिस पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया जिसमें कई पूलिसकर्मी घायल हो गये खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के चौढली गांव में जमीन के एक ट्रुकड़े पर अवैध कब्जे को लेकर दो गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई मौके पर पहुंची प्रलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के सहदेई पुलिस चौक के हाजत से दो कैदी चकमा देकर फरार हो गये दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है नवादा जिले के बरेव मोड़ के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन से पैंतालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा एनडीए के घटक दलों के बीच जो भी समस्याएं हैं उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जायेगा

रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लगातार द्रसरे मैच में बिहार की जीत

और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा